नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी पटना हाई कोर्ट के छह एडिशनल जज स्थायी जज बनाये गये

चुनाव आयोग ने पिछले चुनावों में किये गये खर्च का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराने वाले प्रदेश के एक सौ दो नेताओं को चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया है आयोग ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को इसकी सूचना भेज दी है आयोग ने ऐसे नेताओं के नामों की सूची में लोकसभा क्षेत्र और विधान सभा क्षेत्र के साथ उनके स्थायी पते की भी सूचना भेजी है जिससे नाम और पते में किसी तरह का भ्रम नहीं हो चुनाव आयोग ने कहा है कि इन नेताओं पर नजर रखी जायेगी ताकि वे नामांकन दाखिल नहीं कर सकें लोकसभा चुनाव के दौरान नक्सल प्रभावित इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जायेगी इसके साथ ही इन इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है प्रथम चरण ग्यारह अप्रैल को औरंगाबाद गया नवादा और जमूई लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होना है इन क्षेत्रों के अधिकांश हिस्से नक्सल प्रभावित हैं पूलिस सूत्रों ने बताया कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिये नक्सल प्रभावित इलाकों में अभियान चलाने के साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जायेगी लोकसभा चूनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे के लिये मंथन अंतिम दौर में है दोनों गठबंधनों के नेता सीटों की संख्या और सीटों के नाम को लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं एनडीए के घटक दल भाजपा जदयू और लोजपा के बीच सीटों की संख्या का बंटवारा पहले ही हो चूका है बताया जा रहा है कि एनडीए में कुछ सीटों को छोड़कर बंटवारा लगभग पूरा हो गया है इसकी आधिकारिक घोषणा एक दो दिन में की जा सकती है इसके लिये एनडीए की बैठक दिल्ली में होने वाली है उधर महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर नई दिल्ली में आज बैठक हो रही है इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी के साथ बिहार विधान सभा में विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी शामिल होंगे इसमें प्रदेश कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहेंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने बताया कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा एक दो दिन में हो जायेगा उन्होंने कहा कि महागठबंधन की दिल्ली में प्रस्तावित बैठक में सहयोगी दलों के लिये सीटों की पहचान कर ली जायेगी चुनाव को लेकर राजधानी पटना के राजनीतिक गलियारे में सरगर्मी बढ़ी हयी है उम्मीदवारों के चयन को लेकर विभिन्न पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच लगातार बैठक हो रही है दावेदार भी अपने दावों के साथ नेताओं से मिल रहे हैं बताया जाता है कि जदयू में उम्मीदवारी के लिये अब तक दो सौ से अधिक आवेदन पार्टी कार्यालय में आ चुके हैं जबकि भाजपा में दावेदारों की संख्या पांच सौ के करीब पहुंच गयी है उधर महागठबंधन में राजद और कांग्रेस के टिकट के लिये दावेदारों की संख्या अधिक है विभिन्न पार्टी मुख्यालयों में बैठे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सीटों की संख्या और नाम तथा उम्मीदवारों को लेकर चर्चा कर रहे हैं इस बीच भाकपा माले ने कहा है कि उसकी छह लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों को सभा आयोजित करने या रोड शो करने के पूर्व प्रशासन से अनुमति लेनी होगी इसके लिये पटना जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से सिंगल विंडो सिस्टम सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी जिले में सिंगल विंडो सिस्टम अनुमंडल पदाधिकारियों के कार्यालयों में काम करेगा पटना हाई कोर्ट के छह एडिशनल जज को स्थायी जज नियुक्त किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के मूख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई न्यायमूर्ति एस बोबड़े और एन वी रमन्ना की तीन सदस्यीय कॉलेजियम ने इस संबंध में अनुशंसा की है जिन एडिशनल जजों को स्थायी न्यायाधीश बनाया गया है उनमें अनिल कुमार उपाध्याय राजीव रंजन प्रसाद संजय कुमार मधुरेश प्रसाद मोहित कुमार साह और प्रकाश चंद्र जयसवाल शामिल हैं केन्द्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए दस प्रतिशत के कोटे को कानूनी रूप से न्याय संगत बताते हुए कहा है कि इससे सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलेगा उच्चतम न्यायालय में एक हलफनामा पेश करते हुए केन्द्र सरकार ने कहा है कि समाज के आर्थिक रूप से ऐसे कमजोर वर्गों को फायदा पहुंचाने के लिए संवैधानिक संशोधन करना आवश्यक हो गया था जिन्हें आरक्षण की जारी योजनाओं के तहत फायदा नहीं मिल रहा था बिहार और झारखण्ड में पिछले एक साल में पांच लाख से अधिक करदाता बढ़े हैं करदाताओं की संख्या उन्नीस लाख से बढ़कर चौबीस लाख से अधिक हो गयी है बिहार और झारखण्ड के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के सी घुमरिया ने बताया कि पिछले चौदह फरवरी तक बिहार में तीन लाख पंद्रह हजार से अधिक और झारखण्ड में एक लाख नब्बे हजार से अधिक करदाता बढ़े हैं उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष अठारह उन्नीस के कर संग्रह का लक्ष्य चौदह हजार नौ सौ बासठ करोड़ रूपये निर्धारित है राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है राजधानी पटना का तापमान चौंतीस डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है आज भी तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ का क्षेत्र बना हुआ है इसका प्रभाव चौदह और पंद्रह मार्च को राज्य के कुछ हिस्सों में पड़ेगा जिसके कारण कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत घोष मोड़ श्रीराम मोहल्ले में एक पेंट गोदाम में आग लगने की घटना में लाखों का नुकसान हुआ है अगलगी की इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है लखीसराय जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत वभनगामा गांव से एसटीएफ ने पचास हजार के इनामी अपराधी दिलखुश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र में बम विस्फोट में दो बच्चों की मौत हो गयी जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है इंटरमीडिएट परीक्षा की उत्तर प्रस्तिकाओं के मूल्यांकन नहीं करने के आरोप में बहत्तर शिक्षकों के खिलाफ पटना जिले के बहादुरपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी उग्रवाद प्रभावित गया जिले से पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय प्रस्तुति कमिटी टीपीसी के जोनल कमांडर प्रतीक समेत तीन नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने उनके पास से हथियार कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किया है होली के मद्देनजर शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही पुलिस ने विभिन्न जिलों से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त कर नौ तस्करों को गिरफ्तार किया है सत्रह मार्च से भुवनेश्वर में आयोजित हो रहे महिला अंडर टवेंटी थ्री वन डे क्रिकेट टूर्नामेंट के लिये बिहार टीम की घोषणा कर दी गयी है प्रियंका कुमारी की कप्तानी में बिहार अपना पहला मैच सत्रह मार्च को नागालैंड से खेलेगा सोनपुर के रमणा मैदान में खेले जा रहे हेमन ट्रॉफी सेंट्रल जोन पूल ए के एक मुकाबले में पटना ने मुंगेर को एक सौ पचपन रनों के विशाल अंतर से हरा दिया अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने एनडीए और महागठबंधन में घटक दलों के बीच सीट बंटवारे से जुड़ी खबरों को सुर्खी बनाया है इसके साथ ही गठबंधन दलों के बीच चल रही रस्साकसी को प्रमुखता मिली है हिन्दुस्तान ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के उस बयान को सुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वोट आपका अधिकार दैनिक जागरण की सुर्खी है मतदान से पहले महागठबंधन फेल दैनिक भास्कर की सुर्खी है सवा तीन महीने बाद पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को हाई कोर्ट से बेल प्रभात खबर ने लिखा है आरा औरंगाबाद पर भाजपा जदयू में पेंच

नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी पटना हाई कोर्ट के छह एडिशनल जज स्थायी जज बनाये गये